उन्होंने प्रमाण पत्र नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को सौंपा गुलाबी नगर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए सुश्री अजोले ने कहा राजस्थान और जयपुर केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि यहां की विविधता संस्कृति हैंडीक्राफट जूलरी ँजैसी कई पहचान हैं उन्होंने कहा कि विश्व विरासत पूरी दुनिया की आने वाली पीढियों के लिए उपहार हैं विरासत की दृष्टि से यह शहर वास्तव में एक खजाना है इसकी अहमियत विश्वव्यापी है जिसके चलते ही इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में स्थान दिया गया है

कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कला तथा उर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी उपस्थित थे इससे पहले आज सुश्री अजोले ने जयपुर के कई पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि ँजिस तरह से जयपुर को आगंतुकों के लिए संजोकर रखा गया है वह अद्भुत है सुश्री अजोले ने हवामहल के बाहर लगाई गयी विश्व विरासत स्थल पट्टिका का अनावरण भी किया केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक ढांचे के तहत लाने की मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षा निदेशालय को भी इन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है गौरतलब है कि पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से असंतुष्ट करीब सवा लाख विद्यार्थियों ने उत्तर प्रस्तिकाओं के अंकों की पुनर्गणना कराई थी

साथ ही हर घर तथा प्रतिष्ठान से प्रति माह शुल्क वसूलने का अधिकार भी पंचायत केो मिल गया है

तब तक कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई गई रोक यथावत रहेगी गौरतलब है कि वाड्रा की कंपनी ने बीकानेर में जमीन खरीद मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई रोकने के लिए ये याचिका लगाई गई थी

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने इस संबंध केन्द्र और राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है